वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं

उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड सुरक्षित है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि संक्रमण के वर्तमान मामलों और इससे हो रही मृत्यु के आंकड़ों में कमी को देखते हुए देश में आशावादी परिदृश्य सामने आ रहा है

इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल यह जानकारी दी वे मुम्बई में हज समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे श्री नकवी ने बताया कि हज यात्रा के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख दस जनवरी है इस साल हज यात्रा जून से जुलाई के बीच होगी

ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त शासी निकाय केंद्रीय चिकित्सक आपूर्ति भंडार तैयार ऑक्सीजन की खरीद करेंगे

जिन अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाने हैं उनका चयन संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सलाह से किया गया है इन संयंत्रों से जन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत बनेंगी और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति किफायती दरों पर प्रभावी तरीके से की जा सकेगी कोविड के हल्के और गंभीर संक्रमण के मामलों में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति बहुत जरूरी है

प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न मुददों पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया

इस अवसर पर वे न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक डेढ़ किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे

अब प्रदेश में एक हजार चार सौ बाइस सक्रिय मामले हैं

जबकि एक लाख तेरह हजार तीन सौ अस्सी मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार अड़तीस लोगों की मौत कोरोना से हई है वहीं झारखंड में अबतक अड़तालीस लाख सढ़सठ हजार चार सौ तीस कोविड नमूनों की जांच की गई है

मृतकों में रांची और हजारीबाग से एक एक मरीज शामिल हैं

कल संक्रमित लोगों में से केवल दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रोगियों का उपचार चल रहा है

भारत में कोविड मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहत कम है

देश के अनेक राज्यों में तेजी से फैलते बर्ड फ्लू को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बर्ड फ्लू फैलने के खिलाफ चेतावनी जारी की है हिमाचल प्रदेश राजस्थान केरल और कुछ अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत होने के बाद यह कदम उठाया गया है केन्द्र ने चेतावनी दी है कि यह फलू मनुष्यों और अन्य पालतू पशु पक्षियों में फैल सकता है मुख्य सचिवों को भेजे एक नोट में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि इस बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने के लिए पक्षियों पर निगरानी रखी जाए

इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक एक वरीय अधिकारी शामिल किए गए हैं समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने को कहा गया है इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शो कॉज की मांग की गई है चार जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था किशोरगंज चौक के समीप उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी हालांकि रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है

सभी से पूछताछ की जा रही है एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फ्टेज से भी उनकी पहचान की जा रही है साहिबगंज जिले के मिर्जाचौकी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस से मालदा की क्राइम ब्रांच की टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है छापेमारी के क्रम में एक बोगी में टीम ने अवैध शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया इन लोगों की शराब को बिहार में ले जाकर बेचने की योजना थी जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है जबकि पकड़े गए दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया है

ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं इस हेल्य लाइन नंबर पर कॉल कर परामर्श ले सकते हैं

इन हेल्पलाइन नंबर पर एक्सपर्ट लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जरूरी सलाह देंगे यह पूरी तरह फ्री होगा भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढाए जाने की सम्भावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचे

भारतीय रेलवे कई ट्रेनों को फिर से शुरू कर रहा है कई रूट पर अब पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की रेलवे बोर्ड ने रांची और बोकारो से आठ मेमू पैसेंजर चलाने की मंजूरी दे दी है यह पैसेंजर ट्रेनें रांची बोकारो और हटिया से बंगाल के लिए चलेंगी रेलवे बोर्ड ने इन पैसेंजर ट्रेनों की समय सारणी भी जारी कर दी है